ये जिले हैं कोरबा धमतरी और रायगढ़ इस तरह अब तक प्रदेश के ग्यारह जिलों में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं राजनांदगांव बेमेतरा और बालोद जिले में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है जबकि जशपुर कोरिया और बलौदाबाजार जिले में रविवार ग्यारह अप्रैल से लॉकडाउन लागू होगा वहीं रायपुर और दुर्ग जिले में लॉकडाउन पहले से ही प्रभावी है इसी तरह धमतरी जिले में बारह से छब्बीस अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा लॉकडाउन के दौरान किराना जनरल स्टोर्स मिल्क पार्लर सब्जी फल पशु चारा और कृषि संबंधी दुकानें सुबह आठ से दस बजे तक केवल दो घंटे के लिए खुली रहेंगी वहीं अनाज सब्जी और फल मंडियों को सुबह छह से दस बजे तक खोला जाएगा बैंकों में कामकाज सुबह ग्यारह से दोपहर दो बजे तक ही होगा कोरबा जिले में भी बारह से बाईस अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा जिले में सुबह एक घंटे के लिए दूध फल और सब्जी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है इसी प्रकार रायगढ़ जिले में चौदह अप्रैल की सुबह छह बजे से बाईस अप्रैल की रात बारह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा इस दौरान सुबह छह से आठ बजे तक और शाम पांच से साढ़े छह बजे तक दूध वितरण की इजाजत होगी सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पम्पों मेडिकल स्टोर्स और आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है इधर महासमुंद जिले के नगरीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है इसके तहत कल ग्यारह अप्रैल से सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक ही दुकानों का संचालन किया जा सकेगा जिले के पटेवा में आज से चौदह अप्रैल की सुबह छह बजे तक व्यवसायियों ने स्वःस्फूर्त होकर लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है

शहर में आज पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न मार्गों पर पैदल मार्च कर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की उधर कोंडागांव जिले में प्रशासन ने रेस्टॉरेंट तथा ढाबों में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है ठेले खोमचे रात आठ बजे तक और रेस्टॉरेंट दस बजे तक खोले जा सकेंगे इनमें भी केवल टेक अवे सुविधा उपलब्ध होगी वहीं बस्तर जिले में प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है जिले में शाम छह से सुबह आठ बजे तक दुकानों और ठेलों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है इधर कबीरधाम जिले में दुकानें शाम चार बजे तक संचालित होंगी वहीं सब्जी और फल दुकानें चिन्हांकित स्थानों पर दोपहर बारह बजे तक खोली जा सकेंगी इस बीच दुर्ग में जिला प्रशासन ने आज आदेश जारी कर कहा है कि अब जिले में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों या अंत्येष्टि तेरहवीं जैसे कार्यक्रमों में बीस से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे वहीं रायपुर में लॉकडाउन लगने के बाद भिखारियों और अन्य जरूरतमंद लोगों को जिला प्रशासन की स्पेशल सेल द्वारा फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं कोविड क्वारेंटाइन सेंटर देश के अनेक राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते छत्तीसगढ़ से पलायन कर महाराष्ट्र ओडिशा आदि राज्यों में गए मजदूरों के वापस प्रदेश लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है इसे देखते हए राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को एक बार फिर से गांवों में क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ये क्वारेंटाइन सेंटर स्व सहायता समूह और अन्य स्थानीय समूहों की मदद से स्थापित किए जाएंगे पंचायत विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन भवनों में बारहवीं की परीक्षा आयोजित होने वाली है उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर नहीं बनाया जाएगा इन सेंटरों में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी सेंटरों में रूकने वाले लोगों को सेनेटाईजर साबुन आदि उपलब्ध कराया जाएगा इस बार क्वारेंटाइन सेंटरों में लोगों को सूखा राशन दिया जाएगा ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार खाना बना सकें यदि खाना बनाने की स्थिति नहीं हुई तो उसी स्थिति में लोगों को पका हआ भोजन दिया जाएगा

इसके तहत चौदह अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा इस बीच देश कोविड टीकाकरण अभियान में दस करोड़ टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक नौ करोड़ अस्सी लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं इधर छत्तीसगढ में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है राज्य में अब तक अड़तीस लाख से अधिक लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं

राज्य में इस समय तीन हजार से अधिक केंद्रों में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है

इस बीच राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना टेस्ट कराते समय वे अपने बारे में सही जानकारी दें ताकि पॉजीटिव आने की स्थिति में उनका इलाज तत्काल शुरू किया जा सके सरकार ने यह भी कहा है कि जानकारी छिपाने या सही जानकारी नहीं देने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाएगी विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के डायरेक्टर राकेश रंजन सहाय ने बताया कि सुबह की एयर इंडिया की फ्लाइट से कोरोना वैक्सीन के इकतीस बॉक्स उतारे गए हैं इधर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपील की है कि प्राथमिकता क्रम में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना टीका अवश्य लगवाना चाहिए उधर बिलासपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने भी लोगों से अपील की है कि वे स्वयं परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए टीका अवश्य लगवाएं टीके का कोई शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं है और ये पूरी तरह सुरक्षित हैं इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने दूर्ग जिले में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय टीम के साथ कोरोना संक्रमण के संबंध में विस्तार से चर्चा की

इनमें से तीन लाख सैंतीस हजार से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में छिहत्तर हजार आठ सौ से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है कल प्रदेश में ग्यारह हजार चार सौ सैंतालीस कोरोना संक्रमित नये मरीजों की पहचान की गई है इस बीच कल कोरोना संक्रमण से तिरसठ लोगों की मृत्यु भी हुई है प्रदेश में कोरोना से अब तक चार हजार छह सौ चौव्वन लोगों की मौत हो चुकी है वहीं कोरबा भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद ज्योति पांडेय का आज कोरोना संक्रमण से निधन हो गया उधर गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष राजू ठाकुर का भी कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई इस बीच महासमुंद जिला परिवहन कार्यालय में पांच कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के कारण ड्रायविंग लाइसेंस बनाने का काम एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है कोरोना नियंत्रण राशि आवंटन कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने रायपुर दुर्ग और बिलासपुर जिले को मुख्यमंत्री सहायता कोष से चार करोड़ रूपये की राशि आवंटित की है इनमें से रायपुर जिले को दो करोड़ तथा दूर्ग और बिलासपुर जिले को एक एक करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की शुरूआत से अब तक इस पर नियंत्रण पाने के विभिन्न उपायों के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न मदों से करीब आठ सौ तिरपन करोड़ रूपये से अधिक की राशि का आवंटन किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में कोरोना की स्थिति की लगातार समीक्षा करते रहें उन्होंने कहा है कि कोरोना की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी हवाई यात्रा आरटीपीसीआर जांच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हवाई यात्रा करके छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को अब अपने साथ आरटी पीसीआर जांच टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा यह रिपोर्ट एयरपोर्ट पहुंचने से बहत्तर घंटे के भीतर कराए गए टेस्ट की होनी चाहिए वहीं रायपुर रेलमंडल से गुजरने वाली गाड़ियां जो ओडिशा की ओर जाती हैं उन गाड़ियों के यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पहले के बहत्तर घंटे के भीतर करवाई गई आरटी पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा अथवा उन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का टीकाकरण प्रमाण पत्र देना होगा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की सत्रहवीं कड़ी का प्रसारण कल ग्यारह अप्रैल रविवार को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार नया बजट नया लक्ष्य विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढे दस बजे से ग्यारह बजे तक होगा

कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर इस बार राज्यपाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राजभवन में कोई भी आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है राज्यपाल को जन्मदिन पर शुभकामना संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है राज्यपाल ने अपने जन्मदिन पर पूजा अर्चना कर देश प्रदेश को कोरोना संक्रमण से जल्द मुक्त करने और इस गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की राज्यपाल ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि लोग अपने घर पर ही रहें भीड़ भाड़ तथा सामूहिक आयोजन से बचे मास्क का प्रयोग करें और हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें राज्यपाल को उनके जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने टेलीफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से श्भकामनाएं दी हैं माओवादी समाचार दंतेवाड़ा जिले में अरनपुर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है उसके पास से एक टिफिन बम भी बरामद किया गया है इस माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था वहीं बीजापुर जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर एक माओवादी ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इस बीच कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा कैम्प में पदस्थ बीएसएफ चौथी बटालियन के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली

उन्हें रंगमंच के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था